इसमें स्वच्छता के स्तर के आधार पर देश के विभिन्न जिलों का दर्जा तय किया जायेगा स्वच्छता सर्वेक्षण से साफ सफाई की सुविधाओं में सुधार के लिए आधारभूत ढांचे के विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी इससे अँगले वर्ष दो अक्तूबर तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान में भाग लेने की अपील की है किशन कप्र खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने स्पष्ट किया है कि विभाग की कारगुजारी कागजी आंकड़ों के बजाए धरातल पर नजर आनी चाहिए बिलासपुर में आज एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारी ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना कार्य करें ताकि समाज के हर वर्ग को लाभ मिल सके उन्होंने अधिकारियों को उचित मूल्यों की दुकानों का नियमित रूप से निरीक्षण करने के आदेश दिए किशन कपूर ने प्रदेश सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए बिक म ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा है कि युवाओं को उद्योग विभाग की स्वरोजगार से जूड़ी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विभागीय नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन किए जाएगे

उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को आवेदन की प्रक्रिया सरल बनाने व स्कूल कॉलेजों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यशालाए आयोजित करने के भी निर्देश दिए उन्होंने कहा कि अधिकारी मेरे पास कौन आया की बजाए मैं किस किस के पास गया का दृष्टिकोण अपनाएं

वीरेन्द्र कंवर पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने अपने गुजरात दौरे के दौरान आनंद में पश् पालन विभाग व डेयरी डवेल्पमेंट बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की इस दौरान उन्होंने पशु पालन के माध्यम से किसानों के उत्थान के लिए गुजरात में चलाए जा रहे विभिन्न प्रोजेक्टस को लेकर अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की इस बीच उन्होंने कल शाम दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से भेंट कर प्रदेश में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं पर चर्चा की आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लोगों को सार्वजनिक रूप से अपना आधार नम्बर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर न देने के बारे में आगाह किया है आधार विशिष्ट पहचान संख्या है जिसका उपयोग विभिन्न सेवाओं लाभों और सब्सिडी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के तौर पर किया जाता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा है कि सार्वजनिक रूप से आधार संख्या प्रस्तृत या प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए क्योंकि यह भी बैंक खाता और पैन संख्या की तरह संवदेनशील निजी जानकारी है पात्रता परीक्षा केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है

उम्मीदवारों को केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की वेबसाइट सीटीईटी डॉट एन आई सी डॉट आई एन के जरिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा

आंदोलन आकाशवाणी और द्रदर्शन का प्रोग्राम कैंडर समयबद्द पदोन्नति न भिलने और प्रसार भारती द्वारा बाहरी विभागों के अधिकारियों को सुनियोजित तरीके से शीर्ष पदों पर प्रतिनियुक्ति दिए जाने के विरोध में आंदोलनरत्त हैं इसी क्रम में देश के अन्य केन्द्रों की तरह आकाशवाणी शिमला में भी आज बाद दोपहर से गेट मीटिंग शुरू हो गई है केन्द्र के कार्यक्रम निष्पादक हीरचंद नेगी और यूनिट सचिव अनिल वर्मा ने बताया है कि आकाशवाणी और द्रदर्शन वर्तमान में वरिष्ठ अधिकारियों की रिक्तियों के कारण पंगु हो गया है उन्होंने कहा कि दोनों विभागों में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम सर्विस के करीब एक हजार पद रिक्त पड़े हैं अनिल वर्मा ने इस संबंध में जल्द उचित कदम उठाए जाने की मांग की है जनजातीय उत्सव लाहौल स्पीति ज़िले के केलंग में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय जनजातीय उत्सव में इस बार ज़िले के विभिन्न महिला मंडलों की एक हजार महिलाएं पारम्परिक वेशभूषा में सामूहिक लोकनृत्य करेंगी